प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आपदा प्रबंधन कार्य में विभिन्न पक्षों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया

उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनात जवान देश की एकता और अखण्डता के लिये समर्पित है और उन पर भरोसा बढ़ा है आतंकवाद को वैश्विक च्नौती बताते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सेना और अन्य बल आतंकवाद के खिलाफ पूरे प्रयास कर रही है

बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने देश में आपदाओं से कारगर तरीके से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने कहा कि आपदाओं से जुड़े विभिन्न संबद्ध पक्षों के बीच बेहतर समन्वय के लिए संयुक्त अभ्यास किये जाने चाहिए ताकि आपदाओं के समय जान और माल की हिफाजत के लिए बेहतर तरीके से कार्रवाई की जा सके प्रधानमंत्री ने आपदा प्रबंधन के कार्य में विश्वस्तरीय विशेषज्ञता अपनाने की जरूरत पर भी जोर दिया

नागौर में आज जिला निर्वाचन अधिकारी कमार पाल गौतम ने मतदाता जागरूकता के लिये स्थायी मतदान प्रकिया प्रदर्शन बूथ का शुभारंभ किया इस बूथ में ईवीएम और वीवीपैट मशीन लगाई गई है जहां नये युवा मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को मतदान करने की प्रकिया के बारे में जानकारी दी जा रही है स्वीप प्रभारी ने ईवीएम और वीवीपैट मशीन से मतदान करने की प्रक्रिया का प्रदर्शन भी किया

इन कार्यकमो की तैयारियों के लिये प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के सभी मण्डलों में बैठकें सुनिश्चित की है

इस दौरान श्री गांधी झालावाड़ में जन सभा को भी सम्बोधित करेंगे

श्रीमती गांधी ने ट्वीट कर कार्य स्थलों पर यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं से अनुरोध किया है कि अगर वे चाहती है तो औपचारिक रूप से आयोग से सम्पर्क कर सकती हैं उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसी महिलाए इस बारे में आयोग को ई मेल भी कर सकती हैं

श्री मोदी ने ट्वीट संदेशों में इटली इस्राइल जॉर्डन इंदोनेशिया और गुयाना के गायकों द्वारा गाए गए इस भजन का वीडियो साझा किया श्रीलंका के कलाकारों द्वारा गाये इस भजन को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका के संबंध दोनों देशों की जनता के लाभ के लिए वर्षों से फल फूल रहे हैं

मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने कल सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ जीका और स्वाइनफ्लू डेंगू स्कबटाइफस की स्थिति के बारे में विस्तार से समीक्षा की मुख्य सचिव ने वैक्टरजनित बीमारियों से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने के निर्देश दिए कल शाम अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने भी स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की

आज रावण कुम्मकरण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जायेगा कोटा में आज शाम गढ पैलेस से भगवान लक्ष्मीनारायण की शाही सवारी दशहरा मैदान पहुंचेगी जहां पर रावण दहन किया जायेगा चूरू जिले के सालासर में पांच दिवसीय मेला आज विशेष आरती के साथ शुरू हुआ बाडमेर और बालोतरा में जोधपुर से लाये गये रावण कृम्भकरण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जायेगा

पुलिस महानिदेशक ओ पी गल्होत्रा ने कल जयपुर में पुलिस मुख्यालय में आम जन की सुविधा के लिए बनाए गए ऑन लाइन ई एफआईआर तथा पुलिसकर्मियों के वास्ते लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया श्री गल्होत्रा ने बताया कि ई एफआईआर के माध्यम से जनता बिना थाने गए इंटरनेट का उपयोग कर अपने वाहन चोरी की रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करा सकती है

कल रात मस्कट में दिलप्रीत सिंह ने हैट्रिक लगाई हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल किये राउंड रोबिन के इस टूर्नामेंट में भारत का दूसरा मैच कल पाकिस्तान से होगा